दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अम्बाला के पास एल पी जी गैस से भरा कैंटर पलटा प्लिस अधिकारी मौके पर पहंचे देश में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिये गठित मुख्य मंत्रियों के उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने कृषि में बदलाव और किसानों की आय में वृद्वि करने के लिये संभावित उपायों के बारे विचार चर्चा की बैठक में कृषि क्षेत्र में समयबदव ढंग से सुधारों के कार्यान्वयन भी चर्चा हई बैठक में हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व समिति के संयोजन देवेन्द्र फडणनीवास ने बताया कि समिति ने कृषि क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाने एवं निवेश करने पर भी विचार विमर्श किया उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों तक बेहतर पहंच और कृषि में विकास की र फ्तार में तेज़ी लाने के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की गई श्री फडणवीस ने कहा कि बैठक के दौरान क्छ विचारों पर सहमति जताई है और राज्यों द्वारा अपने सुझाव अगले महीनें की सात तारीख को दिए जा सकते है

समिति अपनी रिपोट्र दो महीनों में पेश करेगी

रिसाब के कारण का पता चल गया है और खामियों को दूर किया जा रहा है

इस बैठक में हरियाणा के दो प्रम्ख कर्मचारी संगठन कर्मचारी संघ हरियाणा एंव हरियाणा कर्मचारी महासंघ से ज्ड़े नेता भी भाग लेंगे

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की प्रम्ख मांगों से प्रानी पेंशन नीति को बहाल करना नये पर्दो का सुजन करना ठेका प्रथा पर रोक लगाना और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल है सरकार ने डिजीटल लेने देन में किसी भी प्रकार की कमी में इन्कार किया है राज्य सभा में एक लिखित जवाब में यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि साल दर साल लेने बढ़ रहा है

उन्होंने कहा कि केन्द्र ने लोगों के लिये भीम कैशवैक योजना व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना प्रचार के लिये भीम आधार प्रोत्साहन योजना और डिजीटल भ्गतान को व्यापक रूप से अपनाने के लिये भी प्रोत्साहन योजनायें श्रू की है

इस कारगिल मशाल को मेजर जनरल समीर कलान ने थामा

यहां इस मशाल को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्थापित करेंगे इस मौके पर मेजर कलान ने कारगिल य्द्व में देश के वीरों की शहादत को याद किया हरियाणा सरकार ने जिला पंचकूला की ग्राम पंचायत काजमप्र को बरवाला से निकाल कर खंड रायप्ररानी से जोड़ने का निर्णय लिया है इस आश्य के प्रस्ताव को हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है

प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि रात्रि नियमित गशत के दौरान खालसा स्कूल डबवाली के पास से डोडा पोस्त से लदे इस कैंटर को कब्जे में लिया कैंटर सवार व्यक्ति प्लिस पार्टी को देखकर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कैंटर को छोडकर मौके से फरार हो गया उन्होने बताया कि आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उसकी तलाश श्रु कर दी है

आज दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अबाला के पास एलपीजी गैस से भरा कैंटर पलट गलया समाचार लिखे जाने तक इस कैंटर को क्रेन की मदद से खड़ा करने प्रयास किया जा रहा था प्लिस अधिकारियी मौके पर मौजूद है जिस जगह यह दुर्घटना ह्ई उसके आस पास के क्षेत्र की खाली करवा लिया गया है

हरियाणा प्लिस ने सोनीपत जिले में राहगिरों से लूट की साजिश रचते हये चार आरोपियों का गिरफ्तार किया है

प्लिस के अन्सार पकड़े गये आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी वकील वकील उर्फ कालू और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ग्लफाम असलम उर्फ कालू और इस्लाम के रूप में हई है गिरफ्तार अरोपियों को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है

ये भर्ती परिक्षायें शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार संचालित करवाई जा रही है बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन के लिये निर्धारित समय मे परीक्षा श्ल्क बोर्ड के निमित बैंक खातों में जमा होंगे